इस संबंध में विचार विमर्श जारी है सुत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न ग्टों के बीच संतुलन बनाने की कवायद के चलते विभागों के विंतरण का कार्य नहीं हो पाया है

हालांकि कर्जमाफी का प्रस्ताव सात जनवरी को होने वाली बैठक में आने की संभावना है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक में कहा कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को सरकार प्रोत्साहित करेगी चुनाव रोक राज्य में कलेक्टर एसडीएम और तहसीलदार सहित चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है

प्रदेश में इस समय लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है

मुख्यसचिव सम्मान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में आज कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्य सचिव बी पी सिंह को प्रशस्तिपत्र भेंट कर सम्मानित किया आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री कमलनाथ द्वारा श्री सिंह को भेंट किए गए इस प्रशस्तिपत्र में उनके गौरवपूर्ण कार्यो के उल्लेख के साथ साथ सतत एवं समावेशी विकास राजस्व विभाग में सुधार प्रशासन कानुन व्यवस्था आपदा प्रबंधन और जलवायु संरक्षण जैसे विषयों में सक्रियता के लिए उनकी विशेष रूप से सराहना की गयी है श्री सिंह की मुख्य सचिव के रूप में मंत्रिपरिषद की यह अंतिम बैठक है

सिंधिया पत्र कांग्रेस नेता एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर ग्वालियर व्यापारिक मेले में कर छूट दिए जाने का अनुरोध किया है श्री सिंधिया ने पत्र में मेले का आकर्षण और व्यापारिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से श्री कमलनाथ से आग्रह किया है कि इस बार लगने वाले मेले में ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में बिकने वाले वाहनों के रोड टैक्स में पचास फीसदी की छूट प्रदान की जाए जिससे की इस व्यापारिक मेले का गौरव पुनः स्थापित किया जा सके

तंबाकू नियंत्रण देश में तम्बाकू को नियंत्रित करने के कानूनों के असरदार क्रियान्वयन के तहत निर्वाचन आयोग सामने आया है आयोग ने अगले साल आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रो में सभी तरह के तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि वे न सिर्फ ध्म्पान पर प्रतिबंध सुनिश्चित कराये बल्कि सभी मतदान केन्द्रों पर तम्बाकू के इस्तेमाल पर भी सख्ती से रोक लागू करें समाचार संक्षेप में विदिशा जिले में अमानक उर्वरक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कृषि विभाग ने प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ये कार्यवाही की है अनूपपुर जिले में मसूर की वैज्ञानिक खेती उन्नत बीज और बीजोपचार के बारे में किसानो को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कटनी जिले में स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हुआ सीधी जिले में जन चौपाल के तहत ग्रामीणों ने निराश्रित पेंशन और आवासीय पट्टे नहीं मिलने को लेकर कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई शिवपुरी जिला प्रशासन ने किसानो को रबी सीजन में यूरिया खाद निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर देने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं